देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो जायेंगे सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव गिरिधर अरामाने ने बताया कि फास्टैग यात्रियों के साथ साथ टोल प्रबंधन अधिकारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा शुल्क का भूगतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च कम करने तथा शुल्क प्लाजा के जरिये निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है

मंत्रालय ने इस वर्ष पहली जनवरी से ऐम और एन श्रेणी के मोटर वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था श्रेणी एम के अंतर्गत कम से कम चार पहियों वाले वे वाहन आते हैं जिनका इस्तेमाल यात्रियों को लाने ले जाने के लिए किया जाता है एन श्रेणी के अंतर्गत सामान ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कम से कम चार पहिया मोटर वाहन शामिल हैं ऐसे वाहन सामान के अलावा यात्रियों को भी ले जा सकते हैं केंद्रीय कपडा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज वाणिज्यिक पटसन बीज वितरण योजना की शुरूआत की

केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले कल रांची आएंगे यहाँ वे समाज कल्याण विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा करेंगे

उन्होंने कहा कि इस बजट से झारखंड के लोगों को भी निःशल्क टीकाकरण में लाभ मिलेगा श्री सिन्हा आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे सांसद श्री सिन्हा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताया सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में आयोजित बजट पर चर्चा कार्यक्रम में कहा कि देश वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन तैयार की है उसकी मांग पूरे विश्व में हो रही है उन्होंने कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बात से इनकार किया कि देश में कोविड टीकाकरण के कारण कोई मौत हुई है धनबाद जिले के सेंट्रल अस्पताल में पहले चरण का कोविड टीकाकरण केंद्र बंद कर दिया गया है

जिला टीकाकरण पदाधिकारी डॉ विकास राणा ने बताया कि जो लाभुक बच गए हैं उन्हें अब दूसरे चरण में टीका लगाया जाएगा वहीं जिन लोगों को टीका लग चुका है अब उन्हें दूसरा डोज देनें की तैयारी की जा रही है फिलहाल बीसीसीएल के क्षेत्रीय अस्पतालों में भी टीकाकरण का कार्य लगभग पुरा हो चुका है राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर अंठानबे दशमलव सात प्रतिशत हो गई है राज्य में अबतक कोरोना के क्ल एक लाख उन्नीस हजार तीन सौ सोलह मामले सामने आ चुके हैं जिनमें एक लाख सत्रह हजार सात सौ तिहतर लोग स्वस्थ हो चुके हैं

राजधानी रांची के कुछ प्रखंडों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टेम प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं यह परियोजना उन बच्चों पर केंद्रित है जिनकी गणित विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में रुचि है सरकार का मानना है कि इस परियोजना से न सिर्फ सरकारी स्कूलों की पढ़ाई को नई दिशा मिलेगी बल्कि छात्रों के लिए यह अपनी सोच को आकार देने में भी सहायक होगी यह लैब संबंधित प्रखंडों के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए होगी प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणाम के उपरांत राज्य के सभी प्रखंडों में समान रूप से स्टेम लैब की स्थापना की योजना है आपको बता दें कि स्टेम एजुकेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस सिस्टम के द्वारा विज्ञान तकनीक तथा गणित विषय को विद्यार्थियों की योग्यता एवं रुचि के अनुसार रोचक तरीके से सिखाया जाता है चतरा जिले के इटखोरी महोत्सव के आयोजन को लेकर सिमरिया विधायक किशुन दास ने मंदिर प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी है विधायक श्री दास ने कहा कि राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता राजकीय ईटखोरी महोत्सव के आयोजन को लेकर प्रयासरत हैं और उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने का भरोसा दिया है विधायक ने बताया कि कोरोना महामारी को लेकर महोत्सव का आयोजन सादगी से और कोरोना से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन के अनुरूप होगा सिमरिया विधायक ने प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों से महोत्सव के आयोजन में सहयोग की अपील की है पाकृड़ जिले में पेयजल स्वच्छता विभाग के सचिव प्रशांत कुमार ने जल जीवन मिशन योजना की प्रगति की समीक्षा की सचिव श्री कमार ने पाकड़ साहेबगंज एवं गोड़डा जिले के पेयजल स्वच्छता विभाग के अभियंताओं से कार्यों की प्रगति की जानकारी ली सचिव ने शहरी जलापूर्ति योजना के तहत बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मुआयना भी किया सचिव ने लिट्टीपाड़ा वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना की भी जानकारी ली पलामू जिले के मेदिनीनगर के जेलहाता स्थित रिमांड होम में सिविल और पुलिस प्रशासन की टीम ने आज छापामारी की और वहां से मोबाइल फोन चार्जर खैनी सहित अन्य आपतिजनक सामान बरामद किया सदर अनुमंडल पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाइक ने कहा कि बच्चों को जिस उद्देश्य से यहां रखा गया है उसे हर हाल में सार्थक किया जाएगा पलामू जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने आज काला बिल्ला लगाकर न्यायिक कार्य किया संघ के महासंचिव सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि अधिवक्ता दिलीप कुमार तिवारी पर जानलेवा हमला करने वाले सभी आरोपियों को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना दर्भोग्यपूर्ण है महासचिव सुबोध सिन्हा ने हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की उन्होंने जिले के पुलिस अधीक्षक से अधिवक्ता दिलीप के परिवार के जानमाल की सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है लोहरदगा गुमला ट्रक ओनर एसोसिएशन और झारखंड ट्रक ओनर एसोसिएशन बीमरला के अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम में आज एसोसिएशन के संरक्षक सह राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू शामिल हुए इस दौरान उन्होंने हिंडाल्को कंपनी पर आम जनता की अनदेखी करने और क्षेत्र में मुलभृत सुविधाओं को बनाने में सहभागिता नहीं निभाने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि यदि हिंडाल्को लोहरदगा गुमला जिले की आम जनता का ख्याल नहीं करेगी तो जन आंदोलन करने के लिए हमसब बाध्य होंगे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन साहू ने कहा कि झारखंड सरकार पर किसानों के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने आज लातेहार में पार्टी सदस्यता अभियान की शुरुआत की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से सभी वर्ग और संप्रदाय के लोगों पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य है मौसम विभाग ने कल से झारखंड के कई हिस्सों में बारिश गर्जन और वजपात होने का पूर्वानुमान जताया है विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले तीन दिनों तक मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा इस दौरान तापमान में बढ़ोत्तरी होने की भी संभावना है राजधानी रांची में अधिकतम तापमान चौबीस से तीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेरह से पंद्रह डिग्री तक रहने की संभावना है तापमान बढ़ने से ठंड का असर नहीं होगा